प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्वता दुनिया को दिखाने का यही सही समय है उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आहवान करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षो में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं

प्रधानमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेस से लेकर मुनाफे में हिस्सेदारी तक जैसी दुनिया की बेहतरीन नीतियों को हमें जल्द से जल्द अपनाना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारे मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण के पीछे समाज का व्यापक हित होना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि देश ऐसे उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को बहुत सारे अवसर प्रदान कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में भी जब जारी दुनिया में निवेश गतिविधियां प्रभावित हुई भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियों निवेश रिकॉर्ड स्तर पर किया गया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने ऊपर किसी भी तरह के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है उन्होंने हैदराबाद में वायु सेना अकादमी की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए युद्ध की बदलती हुई रणनीतियों और चुनौतियों को लेकर सेना को सजग रहने और नई तकनीक अपनाने में सक्षम बनने के लिए प्रेरित किया भारत और चीन के बीच हाल के सीमा संघर्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है लेकिन यदि कोई हमारी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है जारी आदेश में कहा गया है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में मार्गदर्शन के लिए स्कूल बुलाए जा सकते हैं छात्र छात्राएं कक्षा में नियमित रूप से मास्क लगाकर बैठेंगे

वहीं दो बैंचों में भी दूरी रखी जायेगी

शिक्षा विभाग ने इसके शपथ पत्र का प्रांरूप भी जारी कर दिया है गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में बायोमैट्रिक हाजरी नहीं ली जायेगी

फीचर फिल्मों के वर्ग में कृपाल कलिता द्वारा निर्देशित असमिया फिल्म ब्रिज हिंदी फिल्म सांड की आंख और छिछोरे गोविद निहलानी की अंग्रेजी फिल्म अप एंड अप नील माधब पांडा की ओडिया फिल्म कलिरा अतीता मराठी फिल्म प्रवास संस्कृत फिल्म नमो और प्रदीप कैलीपुरायत नाथ द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म सेफ शामिल है गैर फीचर फिल्मों के वर्ग में अंकित कोठारी की गुजराती फिल्म पंचिका बिमल पोद्दार की बांग्ला फिल्म राधा रमेश शर्मा की अंग्रेजी फिल्म अहिंसा गांधी द पावर ऑफ पावरलेस और माईबैम अमरजीत सिंह की मणिपुरी फिल्म हाईवेज ऑफ लाइफ शामिल हैं

यह वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाला सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव होगा इस वर्ष के उत्सव का विषय आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान है

जिला प्रशासन ने लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है इसके लिए रांची शहरी क्षेत्र के आठ जगहों पर प्रशासन की ओर से जांच केन्द्र बनाये गए हैं इन सेंटरों में निःशुल्क जांच की जायेगी चिकित्सकों के अनुसार लोग अब पहले की तरह एहतियात नहीं बरत रहे हैं साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन नहीं होने के कारण तेजी से संकमण बढ़ रहा है

इससे इस बीमारी के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी स्वास्थ मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी को पहले कोविड संक्रमण हुआ है या नहीं इसके बावजूद कोविड वैक्सीन ली जानी चाहिए क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी कोविड संबंधी संभावित प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला में मंत्रालय ने कहा कि भारत में विकसित होने वाली कोविड वैक्सीन अन्य देशों में विकसित वैक्सीन जैसी ही असरकारक होगी

लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों में तेजी आ गई है पिछले चार दिनों के अंदर दूसरी बार कल लटदाग गांव के उतरी इलाके में नक्सली संगठन टीएसपीसी उग्रवादियों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ के बीच एक घंटे तक मुठभेड़ हुई

मुठभेड़ के दौरान टीएसपीसी के उग्रवादी जंगल के रास्ते भागने में सफल हो गये इसके बाद पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया

उसे इलाज के लिए मेदिनीनगर एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है मृतक लेस्लीगंज सीएचसी में कार्यरत थे

मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के चलने के कारण तापमान में गिरावट आ रहीहै जिससे कनकनी बढ़ गई है

पहाड़ों और पेड़ पौधों से घिरे होने के कारण इस इलाके में सुबह पौधों पर बर्फ जमने की खबर आयी है राजधानी रांची का तापमान सात डिग्री से नीचे आ गया है वहीं डाल्टनगंज में भी तापमान छह डिग्री दर्ज किया गया है मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज पलामू गिरिडीह और रामगढ़ में भी पारा पांच से छह डिग्री के बीच रहेगा ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को आठ विकेट से हराकर चार मैचों की श्रृंखला में एक शून्य की बढत बना ली है

मोहम्मद शमी चोटिल होकर मैदान से बाहर हो गए

प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर प्रतियोगिता परीक्षाएं सिर पर कोचिंग बंद रहने से तैयारी प्रभावित शीर्षक खबर के साथ छात्रों की दिशा और दशा पर खबर लिखी है दैनिक भास्कर ने लिखा है लालू से मुलाकात में पहली बार पुलिस सख्त दैनिक हिंदुस्तान ने कांके में दो डिग्री के पास पहुंचा पारा मैकलुस्कीगंज इलाके में जमी बर्फ शीर्षक खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर कल से दसवीं और बारहवीं की कक्षा खोलने के आदेश को लेकर बच्चे या अभिभावक नहीं है कोरोना पॉजिटिव घोषणा पत्र देने की खबर को प्रमुखता से छापा है रांची एक्सप्रेस ने सीएम से मिले झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष शीर्षक की खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खियां बनायी है संडे टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर टीएमसी के नेता व पूर्व मंत्री सुवेन्दु अधिकारी और नौ अन्य विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर को प्रमुखता से छापा है